जदयू के खाते में एक सौ बाईस और भाजपा के खाते में एक सौ इक्कीस सीटें आयी

पार्टी ने छत्तीस उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ा

बिहार विधानसभा चूनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है आज पटना में भाजपा और जदयू की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सीटों की घोषणा की जदयू के खाते में एक सौ बाईस और भाजपा के खाते में एक सौ इक्कीस सीटें आयी है श्री कुमार ने बताया कि जदयू ने अपने कोटे से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को सात सीटें दी हैं विकासशील इंसान पार्टी यदि एनडीए में शामिल होती है तो भाजपा अपने कोटे से उसे सीटें आवंटित करेगी

भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है इस सूची में छत्तीस प्रत्याशियों के नाम हैं राज्य कैबिनेट के मंत्री प्रेम कुमार गया से नंद किशोर यादव पटना सहिब से राणा रणधीर मधुबन से प्रमोद कुमार मोतिहारी से विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी से और ब्रज किशोर बिंद चैनपुर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहीं गंभीर रूप से बीमार चल रहे मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर से उम्मीदवार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज श्रेयसी सिंह जमूई से भाजपा की प्रत्याशी होंगी वहीं संजीव चौरसिया को दीघा से अरुण कुमार सिन्हा को कुम्हरार से संजय सरावगी को दरभंगा से और नीरज कुमार बबलू को छातापुर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा से निवर्तमान विधायक अनन्त सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है अनन्त सिंह अभी एके सैंतालीस राईफल बरामदगी मामले में जेल में बंद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने की घोषणा की है पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने राजद पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी बिहार में महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया आज लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गये राजेंद्र सिंह दिनारा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार के रूप में चूनाव लड़ेंगे एनडीए में सीटों के तालमेल के बाद यह सीट जदयू के खाते में चली गयी है

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में श्री सिंह ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की इस मौके पर श्री कुशवाहा ने कहा कि सांसद असद्रद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उनके गठबंधन में शामिल हो गई है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सात निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जायेगा एक टवीट में उन्होंने कहा कि इस योजना की लंबित राशि का तुरंत भूगतान किया जायेगा ताकि अध्रे काम पूरे हो सके

पहले चरण के लिए आठ अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं आज बक्सर जिले के राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने जदयू के टिकट पर नामांकन पर्चा भरा ड्रमरांव से जदयू के बागी ददन पहलवान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है वहीं ब्रहमपूर विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार के रूप में शम्भू नाथ यादव ने नामजदगी का पर्चा भरा गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज इक्कीस उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया बेलागंज से राजद के सूरेन्द्र प्रसाद यादव और जदयू से अभय कुशवाहा ने पर्चा भरा वहीं वजीरगंज से कांग्रेस के शशि शेखर अतरी से जदयू की मनोरमा देवी और इमामगंज से पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नामांकन पत्र भरा है अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सत्यदेव सिंह और अरवल से महागठबंधन के उम्मीदवार महानंद प्रसाद समेत सात प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये विधान परिषद् के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गयी एक सौ छह प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाये गये पटना स्नातक क्षेत्र से चौदह दरभंगा स्नातक क्षेत्र से सत्रह तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बारह और कोसी स्नातक क्षेत्र से सत्रह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गये वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आठ दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से सोलह तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से दस और सारण शिक्षक क्षेत्र से बारह नामांकन पत्र सही पाये गये हैं आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी दरभंगा जिले के बिशनपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनूमाननगर स्थित जटमल पुल के पास से पुलिस और एसएसबी की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से एक करोड़ ग्यारह लाख रूपये से अधिक की राशि बरामद की है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि बरामद रूपये के संबंध में कोई कागजात पेश नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि इसकी सूचना व्यय पर्यवेक्षक और आयकर विभाग के अधिकारियों को दे दी गयी है वहीं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना के नेपाली चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान पूलिस ने एक वाहन से लगभग दो लाख नवासी हजार रुपये बरामद किये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख सतहत्तर हजार नौ सौ उनतीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक नौ सौ पच्चीस लोगों की मौत हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ पैंसठ नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की कुल संख्या एक लाख नब्बे हजार एक सौ तेईस हो गयी है आज सबसे अधिक तीन सौ बारह मामले पटना से सामने आये हैं अररिया से इक्यावन पूर्णिया से पचास पश्चिम चंपारण से पैंतालीस और मुजफ्फरपुर से चौवालीस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार दो सौ अड़सठ है

अब तक छप्पन लाख बासठ हजार रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान लगभग छिहत्तर हजार लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई वहीं इसी अवधि में आठ सौ चौरासी लोगों की संक्रमण से मृत्यु होने के साथ ही कुल मृतकों की संख्या एक लाख तीन हजार पांच सौ उनहत्तर हो गई है एक दिन में कोरोना के इकसठ हजार दो सौ सड़सठ नए मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासठ लाख पचासी हजार तिरासी हो गयी है वर्तमान में देश में कोविड उन्नीस के नौ लाख उन्नीस हजार तेईस सक्रिय मामले हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आयुष मानक उपचार प्रक्रिया जारी की है इसमें कोविड उन्नीस महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों के लिए देखभाल से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश हैं इस अवसर पर डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि नैदानिक अध्ययनों से यह प्रष्टि हुई है कि अश्वगंधा लौंग और गिलोय जैसी औषधियां सूजन कम करने और एंटी वायरल होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है

इसका उल्लेख वेदों में है अथर्ववेद का इसको ऑब्शूट माना जा सकता है अगर यह कहा जाए तो ये अतिशोक्ति भी नहीं है आयुर्वेद के बारे में यह केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं ऐसा नहीं है ये वास्तव में यह भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में आज मानक संचालन प्रक्रिया जारी की एक रिपोर्ट बाईट कामिनी ठाकुर मंत्रालय ने इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान पैंसठ साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पुराने रोगियों गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी है आयोजन स्थलों की सीमाओं की पहचान करने और उनमें थर्मल स्क्रीनिंग आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा गया है मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहुंचें दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर ही उत्सवों के आयोजन की अनुमति होगी आयोजनों के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कामिनी ठाकुर केन्द्र सरकार ने वाट्सएप पर वायरल हो रहे उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार सभी विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध करा रही है ताकि वे कोविड उन्नीस महामारी के बीच आनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें पत्र सूचना कार्यालय ने इसे फर्जी बताया है और कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है

गिरफ्तार कर्मी विभागीय कार्य के निष्पादन के एवज में घूस ले रहा था

जदयू के खाते में एक सौ बाईस और भाजपा के खाते में एक सौ इक्कीस सीटें आयी भाजपा ने कहा नीतीश कुमार ही एनडीए के हैं सर्वमान्य नेता

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ा